पटना में मेट्रो रेल निर्माण के लिए जापान देगा लोन

और राष्ट्र आज भारत छोड़ो आंदोलन की सतहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है

कृषि विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार इससे करीब तीन सौ तिरपन करोड़ रूपये की फसल बर्बाद हुई है कृषि विभाग ने नुकसान की भरपाई के लिए तीन सौ तिरपन करोड़ रूपये की मांग आपदा प्रबंधन विभाग से की है कृषि विभाग के अभी के आकलन के अनुसार बाढ़ से उत्तर बिहार के तेरह जिलों के एक सौ चौबालीस प्रखंडों में फसलों की क्षति हुई है विभागीय सूत्रों ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही फसलों को हुए नुकसान का सही आकलन संभव है पुलिस मुख्यालय ने धारा तीन सौ सत्तर हटाने के बाद जारी अलर्ट बकरीद और स्वतंत्रता दिवस को लेकर सोलह अगस्त तक सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है साथ ही छुट्टी पर गये पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर आने के निर्देश दिये गये हैं मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह भी स्थगित कर दिया है पुलिस मुख्यालय ने जोनल आईजी आईजी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को भेज निर्देश में विशेष निगरानी करने और पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने को कहा है पटना में मेट्रो का निर्माण अगले पांच सालों में पूरा कर लिया जायेगा इसके लिए जापान की कम्पनी कर्ज देगी इसके निर्माण की प्रक्रिया अगले तीन महीने में शुरू होने की संभावना है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएमआरसीएल के बोर्ड की बैठक में पटना मेट्रो रेल के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का चयन किया गया है बोर्ड ने मेट्रो के निर्माण के लिए जापानी कम्पनी जायका से कर्ज लेने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमआरसीएल के निर्णयों की जानकारी आज सरकार को भेजी जायेगी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद डीएमआरसीएल के साथ इस संबंध में समझौता किया जायेगा अगस्त क्रांति दिवस की सतहत्तरवीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है इस दिन को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है इसी दिन वर्ष उन्नीस सौ बयालीस में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन खत्म करने का बिगुल बजाया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था राज्य के एक हजार एक सौ सत्ताईस सरकारी मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी के लिए कम्प्यूटर लगाये जायेंगे इससे ढाई लाख से अधिक छात्र और बारह हजार शिक्षकों को फायदा होगा बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने बताया कि इसके लिए पांच करोड़ तिरसठ लाख रूपये आवंटित किये गये हैं उन्होंने कहा कि इस राशि से कम्प्यूटर और प्रिंटर की खरीददारी होगी पंचायती राज विभाग ने एक हजार चार सौ पैंतीस सरकारी पंचायत भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी मुखिया को सौंप दी है इसके लिए विभाग ने दो सौ पचास करोड़ रूपये की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कहा कि इन भवनों का सामूहिक शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी दो अक्टूबर को करेंगे उन्होंने कहा कि इन भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जायेगा इन भवनों में ग्राम पंचायत का कार्यालय संचालित होगा प्रदेश में जल जीवन और हरियाली अभियान की शुरूआत पन्द्रह अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि इसकी कार्ययोजना तैयार करने का काम अंतिम चरण में है इसको लेकर जागरूकता अभियान की शुरूआत कल मुख्यमंत्री करेंगे मुख्य सचिव ने कहा कि जल को संरक्षित करने हरियाली का क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनेक स्तरों पर अभियान चलाया जा रहा है इस काम में आम लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा है कि पर्चाधारी व्यक्तियों को जमीन से जबरन हटाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जायेगी उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है और बेदखल करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है श्री मेहरोत्रा ने कहा कि जमीन से बेदखल हुए पर्चाधारियों को जमीन दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आठ हजार रूपये का अग्रिम अनूदान दिया जायेगा सरकार ने नौ जिलों में जैविक कोरिडोर बनाने की योजना बनायी है और इसके लिए पचास हजार किसानों का चयन किया गया है चयनित किसानों को ही अग्रिम अनुदान की राशि दी जायेगी राजधानी पटना में सत्रह से इक्कतीस अगस्त तक अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिक्रमण हटाने के लिए आठ टीमों के गठन का निर्णय किया गया है टीम के साथ दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी नगर निगम के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे अतिक्रमण हटाने के लिए आज से सड़कों की मापी और लाल निशान लगाने का काम शुरू हो रहा है भाजपा का सदस्यता अभियान अब बीस अगस्त तक चलेगा उत्तर बिहार में आयी बाढ़ को देखते हुए पार्टी ने छह जुलाई से ग्यारह अगस्त तक चलने वाले सदस्यता अभियान को बीस अगस्त तक बढ़ा दिया है उधर राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान कल से शुरू होगा नालंदा की श्वेता शाही और पटना की स्वीटी का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दस अगस्त से खेली जाने वाली एशिया सेवन ए साइड रग्बी प्रतियोगिता में ये दोनों खिलाड़ी भाग लेंगी मोतिहारी में खेली जा रही राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में रोहतास ने सारण को एक शून्य से पराजित कर दिया आज शिवहर का मुकाबला भागलपुर से पटना का जमुई से और पश्चिमी चंपारण का लखीसराय से होगा मुजफ्फरपुर के संगम घाट के पास ब्रूढ़ी गंडक में टिक टॉक के लिए वीडियो बनाने के दौरान चार दोस्त नदी की धारा में बह गये इनमें से तीन की मौत हो गयी एक तैर कर पानी से बाहर आ गया एसडीआरएफ ने दो शवों को बरामद कर लिया है जबकि तीसरे की तलाश जारी है मुजफ्फरपुर के रेल एसपी सह सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने रेल जिला मुजफ्फरपुर के दस पुलिस इंस्पेक्टरों और थानाध्यक्ष को लाईन हाजिर कर दिया है इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है सुपौल जिले में अमहा चौक के निकट निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के गढ बरुआरी रेलवे स्टेशन के पास से तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबर को अखबारों ने चित्रों के साथ प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है अलविदा सुषमा इसके साथ ही अखबार की एक अन्य सुर्खी है पाक ने कूटनीतिक चाल चली दैनिक जागरण की सुर्खी है पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को निकाला दैनिक भास्कर ने आर्थिक मामलों से जूड़ी खबर का शीर्षक बनाया है साल में चौथी बार रेपो रेट घटाया विकास दर अनुमान सात प्रतिशत से कम प्रभात खबर ने सिपाही बहाली को सुर्खी बनाते हुए लिखा है अब पांच मिनट में महिलाओं को दौड़ना होगा एक किलोमीटर इसके अलावा पटना मेट्रो ट्रेन के निर्माण के लिए एजेंसी का चयन से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में आयी बाढ़ के कारण तीन सौ तिरपन करोड़ की फसल हुई नष्ट

पटना में मेट्रो रेल निर्माण के लिए जापान देगा लोन

और राष्ट्र आज भारत छोड़ो आंदोलन की सतहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है